मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ये निर्णय लिया गया मंत्रिमण्डल ने उद्योगों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एक हजार रूपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्ष के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान करने को भी मंजूरी दी है

शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि देश में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियों को अपने सालाना मुनाफे का दो प्रतिशत हिस्सा देश के अति पिछड़े जिलों में खर्च करना आवश्यक है चम्बा में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं

शांता कुमार ने बताया कि चम्बा में प्रस्तावित सिकरीधार सीमेंट प्लांट को स्थापित करने के लिए जल्द ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी उन्होंने चम्बा में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने व केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और विधायक विक्रम जरयाल व जियालाल सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे प्रतिनिधिमण्डल निर्वासित तिब्बती संसद के एक प्रतिनिधि मण्डल ने आज राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि तिब्बत और भारत के बीच समृद्व प्राचीन और समसामयिक सभ्यताजनक संबंध रहे हैं

श्री मोदी ने एक टवीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया